स्तृति केंद्रीय महिला एंव बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कहा है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार विशेष प्रयास कर रही है श्रीमती ईरानी नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए बताया कि देश भर के सभी जिलों में मानव तस्करी निरोधी शाखायें स्थापित की जा रही है देश में स्वतंत्रता के बाद ये अपनी तरह का पहला प्रयास है श्रीमती ईरानी ने कहा कि इन शाखाओं को हर संभव सहायता दी जाएगी

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इन्दिरा गांधी की दिल्ली स्थित समाधि शक्ति स्थल पर प्रष्पांजलि अर्पित की वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में सांसदों ने आज केन्द्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की प्रदेश में भी श्रीमति गांधी को याद किया जा रहा है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदिरा गांधी की जयंती पर उनका स्मरण करते हुये कहा कि श्रीमती गांधी का योगदान देश हमेशा याद रखेगा

ग्रामसभाओं में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास और कल्याण से संबंधित विषयों पर चर्चा हो रही है वहीं जबलपुर होशंगाबाद आगरमालवा उमरिया सहित अन्य जिलों में श्रीमती गांधी को यादकर पुष्पांजलि अर्पित की गई लायसेंस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आज से प्रदेश में महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए निशुल्क ड्राइविंग लायसेंस योजना शुरू की जा रही है परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश के चुनिंदा कन्या महाविद्यालयों में शिविर आयोजित कर ड्रायविंग लायसेंस जारी किये जायेंगे सालभर अन्य महाविद्यालयों में भी समय समय पर इस तरह के शिविर आयोजित किये जायेंगे

अशोकनगर खंडवा सहित विभिन्न जिलों में भी आज इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है अखंडता दिवस राष्ट्रीय अखण्डता दिवस पर आज भोपाल स्थित मंत्रालय के समक्ष सरदार पटेल पार्क में सुबह शासकीय कर्मियों को शपथ दिलाई गई राज्य शासन के सभी विभागों के सचिव और विंध्याचल और सतपुड़ा कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी शपथ कार्यक्रम में शामिल हुये

उमरिया से हमारे संवादंदाता ने बताया है कि इस दौरान जिले में संगोष्ठी कार्यशाला जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे गुना अशोकनगर रायसेन सतना और बैतूल में भी आज शासकीय कार्यालयों में अखंडता दिवस पर शपथ दिलाई जा रही है

जिसके तहत गाँधी दर्शन यात्रा निकाली जा रही है यह यात्रा कल ग्वालियर जिले के भितरवार पहुँची इस दौरान नुक्कड़ नाटक और गाँधी जी के विचारों से प्रेरित फिल्म भी प्रदर्शित की गई

मौसम भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर ठंड का असर दिखने लगा है हालांकि अभी सर्दी का असर कम है लेकिन एक दो दिन बाद इसमें इजाफा हो सकता है मौसम केन्द्र के अनुसार पहाड़ों में हुये ताजा हिमपात का असर उत्तर भारत के साथ ही प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है कुछ स्थानों पर रात के पारे में गिरावट हुई है

हालांकि ठंड का असर भोपाल ग्वालियर जबलपुर रीवा सागर के अलावा प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी देखने को मिल रहा है जहां रात का तापमान एक से दो डिग्री तक गिर गया है

रानी लक्ष्मीबाई के जयंती पर उनके शौर्य को याद किया जा रहा है

श्योपुर में फिर से मंडी में धान की खरीदी शुरू हो गई है